और संत रविदास की जयंती पूरे प्रदेश में समारोह पूर्वक मनायी गयी

पन्द्रहवीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के एस ढिल्लो ने कहा कि इस हमले में जैश ए मोहम्मद का हाथ है जिसका सरगना पाकिस्तान में है उन्होंने कहा कि हमले की पूरी कार्रवाई पाकिस्तान से नियंत्रित की जा रही थी जिसे वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई का पूरा संरक्षण प्राप्त था

जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और आईएसआई ही और जैसे की आप ने कल जैश ए मोहम्मद रिलीज भी देखा होगा कि उन्होंने यह कबूला भी है कि उनका चीफ ऑफ ऑपरेशन कमांडर जो है इस हमले में मारा गया है

इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं है लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी कामरान पर हमला कर उसे ढेर कर दिया उन्होंने बताया कि कामरान के अलावा हमले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी बंगले की सुविधा को खत्म कर दिया है मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला आवंटित करने का यह नियम पूर्णतः असंवैधानिक है और इससे सार्वजनिक धन का दुरूपयोग हो रहा है पटना उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद राज्य के पांच पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सतीश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी को आवास का आवंटन कानूनन रद्द हो गया है गौरतलब है कि वर्ष दो हजार सोलह में तात्कालीन महागठबंधन सरकार ने बिहार विशेष सुरक्षा कानून में संशोधन कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन ए टाईप बंगला आवंटित करने और सुरक्षा दस्ता देने की संशोधित नियमावली जारी की थी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित ए टाईप आवास को गैरकानूनी करार दिये जाने के अदालत के फैसले का स्वागत किया है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी लोग जल्द ही बंगला खाली कर देंगे इस बीच श्री मोदी आज उप मुख्यमंत्री को आवंटित नये आवास में प्रवेश किया इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये बंगला आलीशान है और इतने बड़े बंगले में उनके लिए रहना मुश्किल है श्री मोदी ने कहा कि ये बंगला राजभवन और मुख्यमंत्री आवास से भी भव्य है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 वाराणसी में गुरू रविदास की जन्म स्थली क्षेत्र में विकास परियोजना की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को जाति धर्म और अन्य कारकों से ऊपर उठकर सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए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

यानि गुरूजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाये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

राजधानी पटना सहित प्रे प्रदेश में भी गूरु रविदास जयंती मनाई गयी संत रविदास के अनुयायियों ने उनके चित्र के साथ भजन कीर्तन के साथ शोभा यात्रा निकाला गया इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं केन्द्र सरकार ने प्रतिबंधित भारतीय छात्र इस्लामिक आन्दोलन सिमी द्वारा गतिविधियां चलाने के लिए कोष और स्थल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है एक अधिसूचना में गृहमंत्रालय ने कहा है कि सिमी पर लगा प्रतिबंध पांच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है मंत्रालय ने कहा है कि अगर सिमी की गैरकानूनी गतिविधियों पर तूरंत काबू नहीं पाया गया तो वह अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखेगा मंत्रालय ने ऐसे अंठावन मामले गिनाए हैं जिनमें सिमी के सदस्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे पूर्णिया जिले में पिछले दिनों एके सैंतालीस रायफल मिलने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है प्रलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने बताया कि पकड़े गये हथियार तस्कर मुकेश सिंह मुकेश गुप्ता और त्रिपुरारि सिंह के पास से चार बुलेटप्रफ जैकेट एक रायफल एक पिस्टल और भारी संख्या में कारतूस जब्त किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चौबीस फरवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम की यह तिरपनवीं कड़ी होगी

सूत्रों ने बताया कि शीघ्र ही सीटों के बंटवारे के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप के निर्माण से वैशाली पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयेगा श्री कूमार ने आज वैशाली में तीन सौ पन्द्रह करोड़ रुपये की लागत से बहत्तर एकड़ में निर्मित होने वाले संग्रहालय और स्तूप के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और बुद्ध सर्किट का दायरा और व्यापक होगा समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे सीतामढ़ी जिले के महात्मा ब्रद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और संत तपस्वी नारायण दास शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी गयी है जिलाधिकारी ने बताया कि इन संस्थानों ने नियमों की अवहेलना की है समस्तीपुर जिले के रोसड़ा स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सीबीआई की टीम ने छापा मारकर बैंक मैनेजर जितेन्द्र नाथ को बीस हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है सूत्रों ने बताया कि रोसड़ा निवासी संजय कुमार ठाकुर से प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम के तहत दिये जाने वाले लोन की स्वीकृति के एवज मे बैंक मैनेजर रिश्वत की मांग कर रहा था बिहार लोक सेवा आयोग ने कल से अठाईस फरवरी तक होने वाली बिहार न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा की संशोधित तिथि की सूचना बाद में दी जायेगी लिथुआनिया के राजदूत ने आज मधुबनी जिले के चांदपुर बसैठ कृषि विज्ञान केन्द्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हो रहे नवीन तकनीकों के इस्तेमाल से किसानों को लाभ हो रहा है

पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाबबाग मुहल्ला के द्र्गा मंदिर के पास से आज पुलिस ने दो विदेशी रायफल और पचास कारतूस के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के विद्युप्र पातेपुर और लालगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने सड़सठ कार्टन विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया